कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है बाइट बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं बरसों से किसानों की जो माँग थी जिन मांगो को प्रा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था वो मांगे पूरी हुई हैं काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरुप दिया इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बन्धन समाप्त हुये हैं बल्कि उन्हें नये अधिकार भी मिले हैं नये अवसर भी मिले हैं इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहुत काम आती है बाइट क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है टेक्नोलोजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का दर कर पाएंगे जहां एक ओर सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलोजी के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम् है वहीं इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलोजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि अजंता की गुफाओं की विरासत और कला को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें डिजिटल रूप भी दिया जा रहा है

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शिलॉग में खिले हुए चेरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों ने मेघालय की सुंदरता को और बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया था प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से भारत वापस आ रही है

श्री मोदी ने इसे संभव बनाने के लिए कनाडा सरकार और अन्य सभी लोगों का आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित सांसद गौरव शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करता है

उन्होंने कहा कि गुरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं बाइट गुरुग्रन्थ साहिब में कहा गया है सेवक को सेवा बन आई यानी सेवक का काम सेवा करना है बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आये और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर भिला गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली

ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच दिसंबर को श्री अरबिंदो की पुण्यतिथि मनाई जाएगी उन्होंने युवाओं से इस महान व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानने का आग्रह किया श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी अपनाने के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों को पढ़ना चाहिए

हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहुत घातक होगी श्री मोदी ने सभी को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कहा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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसो का दौरा करेंगे आर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव में भाग लेंगे कोरोना महामारी के प्रकोप और लगभग नौ महीने के अंतराल के बाद काशी की यह उनकी पहली यात्रा है अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यकमों में भाग लेंगे

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के मंदिर जाएंगे वह सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर लाइट एन्ड साउंड शो भी देखेंगे जिसका उद्घाटन उन्होंने ही इसी महीने की शुरुआत में किया था

इस अवसर पर आयोजित कार्यकम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पंचायतों की आत्मनिर्भरता से साकार होगी मुख्यमंत्रो ने पंचायतो राज संस्थाओं को स्वावलंबी बनने पर बल देते हुए कहा कि इन संस्थाओं को अपनी आय बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अपने क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद को प्रमोट करने का प्रयास करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतो संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई धनराशि का कनेक्टिविटी कूड़ा प्रबंधन जल निकासी स्वच्छता एवं सेनेटाइजेशन में बेहतर उपयोग करके विकास एवं रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के साथ ही बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार आधारभूत संरचना के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इससे जहां एक ओर युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं दूसरी ओर आवागमन की सुगमता के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है श्री पाल ने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास से शहर और गांवों के बीच की दूरियां कम होती हैं और ग्रामीणों को भी शहर जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं